असम में फंसे राज्य के नागरिको में चांगलांग नामसाई और तिरप जिले के छात्रों मरिजो व्यावसायों सरकारी कर्मचारी और आम जनता थे इससे पहले भी चांगलांग जिला पुलिस ने पिछले चार दिनों से फंसे चांगलांग जिला के खारसंग से माता पिता सहित नवजात शीशु को मार्गेरिता स्थित अलि अस्पताल से सफलतापूर्वक बचाया गया असम पुलिस खासतौर पर डिब्रगढ़ और तिनसुकिया पुलिस एक सौ इकहत्तर सी आर पी एफ तेइस पंजाब रेजिमेंट और तीन गढ़वाल रेजिमेंट के समन्वय सहयोग से बचाव अभियान को सफलतापूर्वक किया गया इस बीच चांगलांग जिला उपायुक्त ने असम पुलिस जवानों और बोरबोरुआ के स्थानीय लोगो का सभी फँसे लोगो को बोरबोरुआ से डिब्रगढ़ के अरुणाचल भवन तक स्रक्षित पहुँचाने और भोजन की व्यवस्था करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया

उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है महंता ने कहा कि एक हजार से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया जिनमें से पैंसठ को हिंसक प्रदर्शनों में कथित रुप से शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया प्रलिस महानिदेशक ने आंदोलनकारियों से अपील की है कि वे सावधान रहें ताकि शरारती तत्व हालत बिगाड़ न सके उन्होंने अभिभावको से भी सावधान रहने को कहा है ताकि नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शन में उनके बच्चे शामिल न हो सके महंता ने कहा कि पुलिस स्थिति बिगड़ने नही देगी

तीन दिवसीय सांस्कृतिक यात्रा दो हजार उन्नीस का आयोजन राज्य के कला एवं संस्कृति विभाग और ईस्ट सियांग जिला प्रशासन ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से किया था कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ीयो के बीच लोक कला एवं प्रदर्शन कलाओ को बढ़ावा देना और उन्हें ग्रामीण क्षेत्र तक पहुचाना था आई जी जे राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त डॉ किन्नी सिंह ने कहा कि इस तरह का प्रयास अपने देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कला के बारे में युवा पीढ़ीओ खासतौर पर आम लोगो के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और जागरुकता फैलाने में मदद करती है तीन दिवसीय यात्रा के दौरान अरुणाचल प्रदेश से योयो गागा एडो डिदुम तेलो नेरो अमिंग और पासी कोंगकी लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया था

आगामी इकतीस दिसंबर को संपन्न हो रही नागरिक योजना अभियान के साथ इक्कीस ग्राम पंचायतो के लिए लोगो के आवश्यकतानुसार विभिन्न योजनाओ का चयन और प्राथमिकता दिया गया है

सीमा सड़क संगठन बी आर ओ की परियोजना अरुणांक पिछले दस वर्षो से इस कठिन इलाके में काम रही है पिछले साल सरली के पास बोद्ध ट्री जंक्शन से तीस किलोमीटर दूर तक पहुँचने के लिए यातायात बना दिया था परियोजना अरुणांक की दृढ़ संकल्प दल ने नवम्बर महीने में अंतिम अट्ठाइस किलोमीटर को पूरा कर कोलोरियांग से दामिन तक की सड़क मार्ग को आवाजाही के लायक बना दिया

राजधानी क्षेत्र ईटानगर और पासीघाट में पेट्रोलियम पंपो पर वाहनो की लंबी कतारे देखी जा रही है हालाकि अब असम में तेजी से सामान्य हो रही स्थिति को देखते हुए राज्य में आवश्यक वस्तुओ की आप्रर्ति जल्द सामान्य होने की उम्मीद की जा रही है